इन शहरों में अजमेर अलवर भीलवाड़ा चित्तौडगढ़ ड्रंगरपुर जयपुर कोटा और आबूरोड शामिल है

जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जीरो मोबिलिटी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और होम आइसोलेशन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं

उदयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए कफ्यू लगाया गया है जिला प्रशासन और पुलिस प्ररी तरह सतर्क है वहीं भरतपुर जिले में बढ़ते कोरोना संकमण को लेकर प्रशासन एहतियात बरत रहा है जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि देश में कोविड के प्रबंधन के लिए अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में भी सुधार किए गए है डॉक्टर हर्षवधन ने कहा कि भारत में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है

हर वर्ष जिला स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते दो साल से कोई आयोजन नहीं हो रहा है

कायकल्प कार्यक्रम के तहत चिकित्सा संस्थानों के विभिन्न मापदण्डों पर निरीक्षण कर यह रैंकिंग दी जाती है

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले चार पांच दिन मौसम शुष्क रहेगा और तापमान सामान्य के आस पास रहने की संभावना है